मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलक्टरों को क्वारेन्टीन व्यवस्था को मजबूत करने और गर्मी में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

राज्य सरकार ने लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने से पहले प्रदेश में कुछ शर्तो के साथ और गतिविधियों में छूट दे दी है

इसमें सूक्ष्म छोटे और मध्यम उद्योगों सहित कई सैक्टरों के लिए राहत का ऐलान किया गया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि अब ये देखना है कि इन उपायों को कैसे लागू किया जाता है इधर भाजपा प्रदेशअध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इन घोषणाओं से आत्मनिर्भर भारत बनने का मार्ग प्रशस्त होगा प्रदेश में कोरोना सकमित लोगों के ठीक होने का आंकडा लगातार बढ रहा है

थल सेना अध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे ने प्रदेश में सप्तशक्ति कमान के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया सेना प्रमुख के साथ दक्षिणी पश्चिमी कमान के आर्मी कमाण्डर लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर ने भी दौरा किया और लॉजिस्टिक संबंधी कई पहलुओं और उनकी युद्ध की तैयारी की समीक्षा की उन्होंने सैनिकों से बातचीत कर उनका मनोबल बढाया उन्होंने किसी भी खतरे को विफल करने के लिए सप्तशक्ति कमान की उच्चस्तरीय तैयारियों की सराहना की और कोरोना महामारी के खिलाफ लडाई में फार्मेशनस के प्रयासों को भी सराहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बाहर से आने वाले प्रवासियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो और साथ ही क्वारंटाइन में रखे गये लोगों की मॉनिटरिंग के पुख्ता इंतजाम हो श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जिला कलक्टर जिला और उपखंडस्तरीय अधिकारियों से क्वारेंटाइन व्यवस्थाओं पर चर्चा की श्री गहलोत ने कहा कि जालोर सिरोही और पाली जैसे जिलों को क्वारंटाइन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा वहां बाहर से आने वाले प्रवासियों की संख्या हजारों में है ड्रंगरपुर और भरतपुर जैसे सीमावर्ती जिलों को भी प्रवासियों के लिए समुचित इंतजाम रखने होंगे उन्होंने कहा कि अभी तक शहरों में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे लेकिन अब यह संक्रमण गांवों में नहीं फैले इसके लिए क्वारंटाइन व्यवस्था का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है श्री गहलोत ने कहा कि जिले से लेकर पंचायत स्तर तक मौजूद सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मिलकर क्वारंटाइन व्यवस्था को ग्राम स्तर तक सुचारू बनाना होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टरों को गर्मी में बेहतर पेयजल आपूर्ति के लिए कंटीन्जेंसी प्लान के कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने को कहा है उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर तीन दिन में सांसदों विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना तैयार कर कार्रवाई करें श्री गहलोत ने कल जयपुर में सभी जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेयजल आपूर्ति के संबंध में चर्चा की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए जो लगातार निगरानी कर इनको जल्द से जल्द पूरे करवाएं

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल की कल शाम तबियत खराब होने पर उन्हें जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उनका न्यूरो सर्जरी आईसीयू में ईलाज चल रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेघवाल के परिजनों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली वहीं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने भी एसएमएस अस्पताल पहुंचकर उनके हालात जाने प्रदेश के सात जिलों में टिड्डियों के खिलाफ नियंत्रण की कार्यवाही की गई है